केन्द्र सरकार ने सुपौल के बकौर में देश के सबसे लंबे सड़क पुल को मंजूरी दी

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण छह मरीजों की मौत हो गयी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गयी है ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पूरी तरह ठप है पीएमसीएच के शिशु वार्ड में एक मरीज के परिजन द्वारा कल एक जूनियर डॉक्टर से मारपीट के बाद से सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं इधर एनएमसीएच पटना के जूनियर डॉक्टरों ने भी पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है जूनियर डॉक्टरों के संघ ने कहा है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है और समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करायी जाती है तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा समाज कल्याण विभाग की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट मामले में बेगूसराय जिले की एक अदालत गैर जमानती वारंट जारी किया है पूर्व मंत्री के पति फरार चल रहे हैं उनका मोबाईल भी स्वीच ऑफ आ रहा है सत्रह अगस्त को सीबीआई की टीम ने बेगूसराय के चेरियाबरियारपुर स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी जिसमें विभिन्न हथियारों में प्रयोग होने वाली पचास गोालियां बरामद की गयी थी मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने एक व्यवसायी समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से दो का पूर्व मेयर के साथ व्यापारिक संबंध था वहीं चार ऐसे संदिग्ध हैं जिनका अपराध की दुनिया से पुराना नाता रहा है सुपौल के बकौर में देश के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण होगा दस दशमलव दो किलोमीटर लंबी इस सड़क पुल के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है इसके तहत सुपौल और सहरसा जिले में एनएच पांच सौ सत्ताईस ए और एनएच पांच सौ सत्ताईस बी का निर्माण होगा इस पुल के बन जाने से मधुबनी और दरभंगा जाना आसान होगा दरभंगा की दूरी एक सौ तीस किलोमीटर से घटकर मात्र साठ किलोमीटर रह जायेगी वहीं एनएच के निर्माण से भारत सामरिक रूप से भी मजबूत होगा क्योंकि यह नेपाल के जनकपुर धाम तक जायेगी प्रदेश के किसानों को अब मात्र तीस सेंकेंड में इस बात का पता चल जायेगा कि उनकी खेत की मिट्टी में किन तत्वों की कमी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सबौर स्थित शुष्क रसायन आधारित मिट्टी जांच प्रयोगशाला का लोकापर्ण करते हुए ये बात कही श्री कुमार ने कहा कि इस प्रयोगशाला में मिट्टी जांच के लिए किसी तरह के रसायन की आवश्यकता नहीं होगी और प्रत्येक दिन कम से कम एक हजार नमूनों की जांच हो सकेगी राज्य सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो सौ रूपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है अब सामान्य धान सत्रह सौ पचास रूपये और ग्रेड ए धान सत्रह सौ सत्तर रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी बुनियादी विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा इन विद्यालयों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय होगा विकास प्रबंधन संस्थान सोसायटी की पांचवीं बैठक में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की उन्होंने कहा कि भितिहरवा बुनियादी विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि नवम्बर महीने के अंत तक बिहार में प्रभावी ढंग से पॉलीथिन पर रोक लग जायेगी उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पॉलीथिन प्रतिबंध का ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूर कराकर अधिसूचित किये जाने के बाद इसे नगर निकायों में लागू किया जायेगा उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के तहत उद्योग के आठ सौ अस्सी प्रस्तावों से प्रदेश में लगभग बारह हजार दो सौ छियासठ करोड़ रूपये निवेश की संभावना है पटना में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस के लिए दो सौ चौबीस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से परिषद ने दो सौ एक प्रस्ताव को सहमति दे दी है इनमें से इकहत्तर इकाइयां कार्यरत हो चुकी हैं परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा है कि पटना से दिल्ली के लिए पचास बसों का परिचालन किया जायेगा पटना में एक कार्यक्रम में श्री निराला ने कहा कि इसके लिए परिवहन निगम द्वारा सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही यह सेवा शुरू हो जायेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से उन्हें प्रेरणा मिली उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल एक ऐसे महान दार्शनिक अतुलनीय संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने निजी निष्ठा के सर्वोच्च प्रतिमानों को बनाये रखा इधर प्रदेशभर में भाजपा की ओर से इस अवसर पर अंत्योदय दिवस का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत जगह जगह स्वच्छता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के लिए कुछ श्रेणियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा पन्द्रह अक्टूबर तक बढ़ा दी है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि करदाताओं के आग्रह पर समय सीमा बढाने का फैसला किया गया है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की दो अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर समस्तीपुर और नालंदा जिले में शुरूआत होगी परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के गंगापुर पंचायत और नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड के पावा पंचायत में पांच पांच चयनितों से योजना का शुभारंभ किया जायेगा पटना के आईजीआईएमएस में उन्नीस वर्षीय युवक सौरभ प्रतीक को ब्रेन डेड घोषित किये जाने के बाद उसके हृदय को कोलकता और लीवर को दिल्ली भेजा गया इसके लिए अस्पताल से पटना एयरपोर्ट पर दो बार ग्रीन कोरिडोर बनाया गया प्रदेश में यह पहली बार है जब किसी ब्रेन डेड व्यक्ति के सभी अंगों को ट्रांसप्लांट के लिए सुरक्षित निकाला गया है मृतक की आंखे भी सुरक्षित रख ली गयी हैं सौरभ के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उसकी मां ने अंगदान की सहमति दी थी सौरभ नालंदा जिले के हिलसा के गजेन्द्र बिगहा गांव का रहना वाला था छत से गिरने के कारण उसके सिर में रक्त जमा हो गया था और वह कोमा में चला गया था रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी स्थित अलग अलग गांव से सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान में कुख्यात चुनमुन उरांव समेत छह नक्सलियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों के पास से लेवी की रकम भी बरामद की गयी है इधर मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के जंगल से पुलिस ने कुख्यात नक्सली लूटन सोरेन को गिरफ्तार किया है राज्य के दस विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सभी अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में विभिन्न कोटों के सीटों पर आज से अठाईस सितम्बर तक नामांकन होगा नालदा खुला विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया तीस सितम्बर से शुरू होगी इस बार छात्र ऑनलाईन नामांकन भी ले सकेंगे आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट द्वारा सरकार को लगायी गयी फटकार से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अखबार लिखता है पॉलीथिन पर बैन की तिथि तय करे सरकार हाईकोर्ट दैनिक जागरण लिखता है आज से प्रदेश में नये ढंग से काम करने लगेगा डायल एक सौ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे री लांच दैनिक भास्कर की सुर्खी है सभी बुनियादी विद्यालयों का नाम होगा कस्तूरबा विद्यालय प्रभात खबर लिखता है पीएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल छह मरीजों की मौत राष्ट्रीय सहारा ने राफेल सौदे से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है राहुल राग का पर्दाफाश करेगी भाजपा आज की सुर्खी है पटना में पेट्रोल सबसे महंगा और अब अंत में मुख्य समाचार पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण छह मरीजों की मौत

केन्द्र सरकार ने सुपौल के बकौर में देश के सबसे लंबे सड़क पुल को मंजूरी दी